सत्र की शुरूआत प्रश्नकाल से होगी और बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर सप्ताह भर की कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे इसके अलावा विभिन्न कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अनुराग ठाकूर ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से गरीबों को सुविधाए मिल रही हैं और ये कार्यक्रम सशक्तिकरण का भी बडा माध्यम बने हैं

इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान बदन में दर्द खांसी गले में खराश सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण दिखाई देना जारी रह सकता है नियमावली के अनुसार स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने हाथों और सांस लेने संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने और रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाए लेने को भी कहा गया है स्वास्थ्य ठीक रहे तो घर का सामान्य कामकाज और अपना पेशेवर कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है डाक्टरी परामर्श से थोड़ा बहत व्यायाम जैसे योगासन प्राणायाम और ध्यान करते रहने पर बल दिया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने संक्रमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है

उद्योग ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते उद्योगों का कार्य प्रभावित हुआ है जिससे उमरने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है सिरमौर जिले के गोंदपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पांवटा क्षेत्र के उद्योगपतियों की मूलमूत समस्याओं का समयबद्ध निपटारा किया जाएगा ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों की विद्यत संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए पांवटा साहिब में जल्द शिकायत कक्ष की स्थापना की जाएगी बिक्रम ठाकूर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के परागपुर में आज विकास कार्यों की समीक्षा की

बिक्रम ठाकूर ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को विशेष शक्तियां दी हैं

इस सुविधा से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आधे घण्टे में मिल सकेगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण कमार शर्मा ने बताया कि जिले के सभी उपमण्डलों के अस्पतालों में भी ये टैस्ट सुविधा दी जाएगी उन्होंने कहा कि इसके तहत रैंडम सैंपलिंग कर कोरोना संक्रमण का पता लगाकर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे

सरकार ने कोरोना वायरस से वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है